वस्तु और सेवाकर की दरों में कमी के साथ तेईस वस्तुएं और सेवाएं आज से हुई सस्ती छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं की वार्षिक परीक्षा के दौरान छात्रों को पूरक उत्तर पुस्तिकाएं नहीं दी जाएंगी प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है नव वर्ष मंदिरों में भगवान के दर्शनों के लिए श्रद्दालुओं का लगा रहा तांता मंत्रिपरिषद निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम में आर्थिक अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच के लिए विशेष जांच टीम एसआईटी गठन करने का निर्णय लिया है यह टीम पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में जांच करेगी आज मंत्रालय में हई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी पत्रकार्रो को देते हुए बताया कि बैठक में वित्तीय वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए तृतीय अनुपूरक मांगें विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक दो हजार अट्ठारह का अनुमोदन भी किया गया है उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या पन्द्रह प्रतिशत से बढ़ाकर बीस प्रतिशत किए जाने के लिए विधानसभा के आगामी सत्र में शासकीय संकल्प लाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है श्री चौबे ने बताया कि राज्य के कृषि मंत्रालय का नाम बदलने का फैसला लिया गया है अब इस विभाग का नाम कृषि विकास तथा किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी होगा उन्होंने बताया कि शराब बंदी के लिए नई अध्ययन समिति का गठन किया जाएगा यह समिति दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी

इनमें सिनेमा के टिकट टेलीविजन और मॉनिटर स्क्रीन तथा पावर बैंक शामिल हैं इन पर जीएसटी की घटी दरें आज से लागू हो रही हैं जीएसटी परिषद ने बाईस दिसम्बर को तेईस वस्तुओं और सेवाओं पर कर घटा दिया था म्यूजिक बुक संरक्षित सब्जियां और जनधन योजना के तहत बैंक खातों को कर से छूट दी गई थी

सरकार द्वारा द्विपक्षीय समझौतों के तहत गैर अनुसूचित या चार्टर संचालन द्वारा तीर्थयात्रियों की हवाई यात्रा पर अब केवल पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा रसोई गैस कीमत घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कल पांच रुपये इंक्यानवे पैसे की कटौती की गई है यह महीने में लगातार दूसरी बार कटौती की गई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रसोई गैस के दामों में कमी और डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबूती के कारण कीमतों में यह कमी आई है अब बिना सब्सिडी के सिलेंडर की कीमत में एक सौ बीस रुपये पचास पैसे की कटौती की गई है केन्द्र बिजली केन्द्र सरकार ने कहा है कि पच्चीस राज्यों ने सभी परिवारों के लिये विद्युतीकरण का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है केन्द्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने एक बयान में कहा कि छत्तीसगढ सहित असम राजस्थान मेघालय में केवल दस लाख अड़तालीस हजार घरों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है ये राज्य सभी घरों का विद्युतीकरण करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं धरमलाल कौशिक बयान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले में मिशेल के प्रत्यर्पण को केन्द्र सरकार की बड़ी सफलता बताया है कल राजधानी रायपूर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मिशेल के बयानों से जल्द दोषियों के नाम उजागर होंगे श्री कौशिक ने नये साल की बधाई देते हुए कहा कि भाजपा नई ऊर्जा और चुनौतियों के साथ आने वाले समय में बेहतर कार्य करेगी मुख्यमंत्री अधिवक्ता संघ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नये छत्तीसगढ़ निर्माण में कमजोर और वंचित वर्ग के तबके को सशक्त बनाना है उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक नये युग की शुरूआत हई है और सभी को मिलकर छत्तीसगढ़ का नव निर्माण करना है कल बिलासपुर में जिला अधिवक्ता संघ और राज्य विधिक परिषद द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा किया जाएगा

शिक्षा मंडल द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस बार छात्रों को चालीस पृष्टों की उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएंगी इन चालीस पृष्टों में ही छात्रों को अपने उत्तर लिखने होंगे इसके अलावा छात्रों को उत्तर प्रस्तिकाओं में अपना रोल नंबर नाम परीक्षा का दिनांक परीक्षा कोड और परीक्षा का विषय पहले से ही लिखा हैआ मिलेगा छात्र को केवल उत्तर पुस्तिका के भाग ए और भाग बी में प्रश्न पत्र का सेट अंकित कर हस्ताक्षर करना होगा बताया जाता है कि मूल्यांकन के दौरान पारदर्शिता बरतने के लिए मंडल द्वारा यह नई पहल की गई है नववर्ष स्वागत दुनिया भर सहित प्रदेश में नया साल हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है लोगों ने वर्ष दो हजार उन्नीस का स्वागत पूरे जोश और उल्लास के साथ किया नये वर्ष के आगमन के मौके पर जश्न मनाने के लिए बीती रात अनेक तरह के आयोजन किए गए गली मोहल्लों से लेकर क्लब मॉल और होटलों में लोगों ने नाच गाकर नववर्ष का स्वागत किया रात बारह बजते ही लोगों ने एक द्सरों को बधाई देकर नये साल की ख्शियां मनाई नये साल के पहले दिन आज मंदिरों में श्रद्वालुओं की काफी भीड़ नजर आई लोगों ने एक दूसरे से मिलकर शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया नव वर्ष के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा सुचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने लोगों को बधाई दी है राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की है कि नया वर्ष देशवासियों और पूरी दुनिया के लिए खुशी शांति और समृद्धि लेकर आयेगा उपराष्ट्रपति ने लोगों का आह्वान किया कि वे मिलकर शांतिपूर्ण खुशहाल और समावेशी विश्व के निर्माण में योगदान करें प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में सभी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की है वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नए वर्ष की शुरुआत राजधानी रायपुर के कोतवाली के पास चावड़ी में मजदूरों से मुलाकात करके की श्री बघेल ने श्रम वीरों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन्हें समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया असंगठित क्षेत्र के इन मजदूरों की मांग पर मुख्यमंत्री ने चावड़ी में मजदूरों के लिए शेड के निर्माण शौचालय और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया डीजीपी नववर्ष सम्मेलन पुलिस महानिदेशक डी एम अवस्थी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को संयुक्त जिम्मेदारी के साथ टीम भावना से कार्य करने कहा है अटल नगर रायपुर में आज आयोजित नववर्ष मिलन समारोह में उन्होंने कहा कि पुलिसिंग का कार्य करने के लिए कोई भी पद बेड़ा या छोटा नहीं होता है श्री अवस्थी ने इस अवसर पर आहवान किया कि सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारी आगामी वर्षो में बेहतर कार्य करें ताकि पुलिस की उपलब्धियों के लिए लोग छत्तीसगढ़ का उदाहरण प्रस्तुत करें रणजी ट्रॉफी छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के बीच अलूर में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धा में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक कर्नाटक ने अपनी दूसरी पारी में चार विकेट के नुकसान पर एक सौ तेरह रन बना लिए हैं कर्नाटक की तरफ से मनीष पांडेय संतावन रन बनाकर और श्रेयस गोपाल इक्कीस रन बनाकर नाबाद है इससे पहले आज छत्तीसगढ़ की पहली पारी दो सौ तिरासी रनों पर सिमट गई

इनमें सतीश चंद्र वर्मा आलोक बख्शी शैलेंद्र दुबे और फौजिया मिर्जा शामिल हैं गौरतलब है कि हाल ही में कनक तिवारी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है अधिकारी कर्मचारी ज्ञापन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और संचालनालय राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में अधिकारी कर्मचारियों को सेवा काल के दौरान चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान केन्द्र सरकार के अधिकारियो और कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता सातवें वेतनमान के एरियर्स का तीन किश्तों में भुगतान सहित विभिन्न मांग की है इस दौरान श्री बघेल ने संघ के नव वर्ष के कैलेण्डर का भी विमोचन किया संक्षिप्त समाचार जानेमाने फिल्म अभिनेता और पटकथा लेखक कादर खान का कनाडा के एक अस्पताल में लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया